केन्द्रीय औषधि विनियामक ने रूस की वैक्सीन स्पृतनिक वी के आपात इस्तेमाल की दी अनुमति कोरोना की लडाई में देश के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले दो हजार तीन सौ छियासठ नए कोरोना संक्रमित निजी अस्पतालों में पचास प्रतिशत बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे आरक्षित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य तथा पूर्व सांसद व विधायक साइमन मरांडी का निधन पाकड जिला के हिरणपुर स्थित पैतुक आवास लाया जा रहा शव वासंतिक नवरात्र आज से शुरू राजधानी रांची सहित राज्यमर में देवी के शैलपुत्री स्वरूप की हो रही आराधना

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डॉयलाग के छठे संस्करण का आज उदघाटन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उदघाटन करेंगे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगाने और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिकसेन भी मुख्य अतिथि के रूप में उदघाटन सत्र में शामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी सम्मेलन में बाद के सत्र में भाग लेंगे चार दिवसीय संवाद सम्मेलन आमासी माध्यम से आयोजित किया जा रहा है रायसीना डॉयलाग विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्यर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयक्त रूप से आयोजित किया जाता है

चार दिनों के संवाद सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख विषयों पर परिचर्चा होगी किसका बहपक्षवाद संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और उसके परे आपूर्ति श्रंखला का विविधीकरण और इसे सुरक्षित बनाना वैश्विक जन अहितकारी संगठनों और सरकार की जिम्मेदारी तय किया जाना महामारी की गलत सुचना का प्रसार शक्तिशाली आकाओं के दौर में सच से दुर विश्व और हरित प्रोत्साहन लिंग आधारित निवेश वद्वि और विकास शामिल हैं भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीए के विशेषज्ञ समृह ने रूस की वैक्सीन स्पृतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेंगा भारत में इस वैक्सीन का क्लीनिकल परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है हैदराबाद की बह्राष्ट्रीय भारतीय दवा कम्पनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्प्तनिक टीके की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष आरडीआईएफ के साथ समझौता किया है डीसीजीए की विशेषज्ञ समिति ने पहली अप्रैल को बैठक में डॉक्टर रेड्डीज लैब को ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा था कि कोरोना वायरस से निपटने में यह वैक्सीन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता पर क्या असर करती है

डॉक्टर रेड्रीज ने इस वर्ष फरवरी में स्पुतनिक वी के आपात उपयोग के लिए आवेदन किया था

टीकाकरण केंद्रो की संख्या में भी कल कोंफी वृद्धि हई

राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार तीन सौ छियासठ नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कल संख्या बढकर एक लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास पहंच गई है वहीं दूसरी ओर नौ सौ सैंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कल संख्या बढकर एक लाख पच्चीस हजार एक सौ पचहतर पहंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर पंद्रह हजार तीन सौ तैंतालीस पहुंच गई है राज्य भर में कल उन्नीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ बत्तीस पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची के सात सौ सतासी पूर्वी सिंहमूम के तीन सौ सत्तर रामगढ के एक सौ बयालीस कोडरमा के एक सौ पच्चीस खंटी के एक सौ छह सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं इधर राज्य सरकार की ओर से कोविड के इलाज के लिए कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं

वहीं रविवार को राजधानी रांची के हरम स्थित शवदाह गृह में मशीनें खराब रहने के कारण शवों को जलाने में हई दिक्कत को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि शवदाह गृह में शवों की लाइन लगी थी तो ऐसी स्थिति में रांची के उपायुक्त क्या कर रहे थे

कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को रांची उपायुक्त अपर नगर आयुक्त सिविल सर्जन स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया रिम्स के हालात पर स्वतः संज्ञान लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत इस मामले पर सुनवाई कर रही है अदालत ने कहा कि सिविल सर्जन और रिम्स का शपथ पत्र विरोधाभासी है अदालत ने इस मामले में फिर से शपथ पत्र दाखिल कर पांच अप्रैल से नौ अप्रैल तक लिए गए सैंपल और जांच के लिए कहां कहां मेजा गया इसकी जानकारी मांगी है

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य साइमन मरांडी का निधन कोलकाता के नेताजी हॉस्पीटल में बीती रात हो गया साइमन मरांडी बीते एक माह से कोलकाता में इलाज करा रहे थे हृदय रोग के अलावे कई गमीर रोग से ग्रसित साइमन मरांडी के साथ इलाज के दौरान उनके विधायक पुत्र दिनेश विलियम मरांडी सहित उनका परिवार कोलकाता में ही उनकी देखभाल कर रहे थे साइमन मरांडी दो बार राजमहल क्षेत्र के सांसद और पांच बार विधायक तथा झारखण्ड राज्य के मंत्री भी रह चुके थे

अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया बुहस्पतिवार से शुरू होगी बालतल और चंदनवाडी दोनों ही मार्गों से अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा

यात्रियों को ऑनलाइन आवेदन फार्म पर अपना फोटो और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्र संलग्न करने के साथ अन्य आवश्यक जानकारी देनी होगी

छह सप्ताह से अधिक की गर्मित महिलाओं का भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा आज से वासंतिक नवरात्र की शुरूआत हो रही है अगले नौ दिनों तक देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी इसे लेकर राजधानी रांची सहित राज्यमर के मंदिरों में कलश स्थापित कर पुजा की जा रही है आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है इक्कीस अप्रैल को महानवमी तथा बाईस अप्रैल को दशमी की पूजा के साथ वासंतिक नवरात्र का समापन होगा

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया

आईपीएल में आज रात चेन्नई में कोलकाता नाइटराइडर्स का मुकाबला मुम्बई इंडियन्स से होगा संक्षिप्त खबरें रमजान उल मुबारक का चांद कल नजर नहीं आया इस कारण तरावीह की नमाज आज से शुरू होगी राजधानी रांची में कल विंभिन्न मुस्लिम संगठनों की बैठक हुई जिसमें बताया गया कि चांद नजर नहीं आने के कारण बुधवार से रोजा शुरू होगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद द्वारा आज से धनबाद और गोमो जंक्शन पर विशेष ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों का शत प्रतिशत कोरोना जांच करने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमाशंकर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की बढती संख्या को देखते हए यह निर्णय लिया गया है सरायकेला खरसांवा के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कल जिले के विभिन्न कोविड हेत्थकेयर केंद्रो का निरीक्षण कर बेड की संख्या और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली इस दौरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को एंबलेंस सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग समी प्रमुख अखबारों ने राज्य में बढते कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है कोरोना से निपटने के इंतजाम पर उच्च न्यायालय में सुनवाई की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है राज्य में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पर इंतजाम काफी नहीं वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है कोरोना से लड़ाई में हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक शख्त राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये की लूट की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है जमशेदपुर में पत्नी दो बेटी सहित चार हत्या की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है रूस की वैक्सीन स्प्रतनिक वी को केंद्र की मंजूरी की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है